मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण के पूर्व कल अंतिम पूर्वाभ्यास का किया निरीक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दृनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम श्रू हो रहा है

अब हमारा देरा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है ये चरण है वैक्सीनेशन का

ये हम समी के लिए गौरव की बात है कि जिन दो वैक्सीन को एमरजैन्सी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं इतना ही नहीं चार और वैक्सीन प्रोग्रैस में हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवाक्सिन दोनों ही किफायती हैं श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी समी राज्यों के साथ सलाह मश्विरा करके ही यह तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरूआत में किसे प्राथमिकता दी जाए हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए थे जो हमारे हेत्थ वर्कर्स हैं सरकारी हो या प्राइवेद पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हगारे जो सफाई कर्मचारी हैं दूसरे फर्टलाइन वर्कर्ता है सैन्य बल हैं पुलिस और केंद्रीय बल हैं होमगार्ड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स समेत तमाम सिविल डिफ्स के जवान हैं कटेनमेंट और सर्विलेंस से जुडे रेवेन्यू कर्मचारी हैं ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में भी टीका लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक आयु और किसी रोग से ग्रस्त पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने देशवासियों को कारगर तरीके से टीके लगाने के लिए सभी साक्यानिया बरती हैं देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की साक्षानियां बरती हैं और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है और आपको मालूम होगा मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो सांइटिछिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे साइंटिफिक कम्युनिटी को ही हम फाइनल वर्ड मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं कई लोग कहते थे देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई भारत क्या कर रहा है भारत सो रहा है इतने ताख हो गए इतना हो गया भारत कुछ नहीं ऐसी भी चिल्लाहट हुई लेकिन फिर भी हमारा मत था ये साइंटिफिक कम्पुनिटी और देश के लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चलें श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के प्रबंध किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है

श्री मोदी ने कहा कि यह कोरोनाकाल के दौरान एकजुट होकर काम करने का परिणाम है प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण अमियान का सबसे महत्वपूर्ण काम उन लोगों की पहचान और निगरानी करना है जिन्हें टीके लगाने की आवश्यकता है इसके लिए को विन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कल अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने पांच जिलों मेरठ सिद्वार्थनगर गोरखपुर वाराणसी तथा लखनऊ के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की उन्होंने संबंधित जनपदों में वैक्सीन कोल्ड चेन स्टोरेज ट्रांसपोर्टशन और कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा वैक्सीन बूथ स्थापना से संबंधित कार्यो की जानकारी प्राप्त की

मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्टीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित रखा जाये साथ ही कान्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का कार्य पूरी क्षमता से किया जाये वैक्सीनेशन कार्य को अंतर्विमागीय समन्वय के माध्यम से किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन अमियान में नोडल विभाग के रूप में काम करेगा देश के विमिन्न हिस्सों में बर्ड पलू की मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने इस बारे में एक रूपरेखा तैयार की है जिसपर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इस फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि उन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है जहां बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बर्ड पलू के सबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बर्ड पलू को देखते हुए हर स्तर पर सावधानी बरती जाये मुख्यमंत्री ने बर्ड पलू की जांच बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान आई वी आर आई में कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में विमिन्न विमागों की समीक्षा कर रहे थे गौरतलब है कि दो दिन पूर्व कानपुर स्थित प्राणि उद्यान में बर्ड पलू की पुष्टि होने के बाद राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है यहां पांच जनवरी को मृत पाये गये दो लाल जंगली मुर्गो में जांच के बाद बर्ड फ्लू के लक्षण पाये गये थे प्रदेश के अन्य स्थानों से भी पक्षियों के मृत मिलने के समाचार हैं

वर्तमान में भारत में नौ सौ तीन संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग पांच प्रतिशत है संरक्षित क्षेत्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि अन्य देशों ने जो हासिल नहीं किया है उसे भारत ने हासिल कर दिखाया है और आज यह एक संपन्न जैव विविधता वाला देश है श्री जावडेकर ने इस अवसर पर घोषणा की कि इस वर्ष से दस सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान पांच तटीय और समुद्री पार्क तथा देश के शीर्ष पांच चिड़ियाघरों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आयी है और पिछले छत्तीस घंटों के दौरान यहां मात्र पांच सौ सोलह कोरोना के नये मामले सामने आये जबकि इसी दौरान सात सौ सत्तर कोरोना मरीज स्वस्थ हुए

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि गत सत्रह सितम्बर को राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अड़सठ हजार दो सौ पैतीस थी जो कि अब घटकर दस हजार आठ सौ चौसठ हो गयी है

राज्य शिक्षा विभाग ने नए समय के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं

प्रदेश के कुछ हिस्सों विशेषकर पश्चिमी जनपदों में शीतलहर के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विमाग ने प्रदेश के सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद पीलीमीत रामपुर और बरेली के आस पास क्षेत्रों में आज और कल शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है पूर्वी जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है